इसके अलावा प्रदेश में खोले जाने वाले मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालयों की विस्तृत योजना को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा हो सकती है नशा निवारण आज अंतर्राष्ट्रीय नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस मनाया जा रहा है

इसका उददेश्य मादक पदार्थो के उत्पादन तस्करी व सेवन से होने वाले दुष्परिणामों से लोगों को अवगत करवाना है इस मौके आज प्रदेशभर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जनमंच शिमला जिले के ठियोग उपमंडल की माहौरी पचायत में पहली जुलाई को आयोजित होने वाले जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज करेंगे उन्होने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का समयबद्ध निपटारा किया जाएगा उधर किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने कहा है कि पूह में आयोजित होने वाले जनमंच कार्यक्रम में वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर मौजूद रहेंगे

नेत्र चिकित्सा दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र से संबद्व राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता निवारण समिति द्वारा कुल्लू के रायसन नेत्र अस्पताल में पहली से सात जुलाई तक नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा ये जानकारी देते हुए नेत्र अस्पताल रायसन के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज जैन ने बताया कि इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर रोगियों की जांच करेंगे ऋग्वेद मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा है कि पर्यटकों और आम लोगों की सुविधा के लिए ज़िला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से कार्य योजना तैयार की जा रही है उन्होंने कहा कि इसके तहत फोरलेन सड़क के किनारे शौचालय सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी जिसके लिए कीरतपुर से मनाली फोरलेन मार्ग पर बैहना व पंडोह स्थान चिन्हित किए गए हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतम अखबारों ने पैट्रोलियम उत्पादों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है पैट्रोलियम उत्पादों की संभाल के लिए बनेगा उना टर्मिनल अमर उजाला का शीर्षक है अब पैट्रोल पंपों पर मिलेंगे गैस सिलेंडर एलईडी बल्ब पंखे राजधानी शिमला से शुरू हुई योजना आईओसी पूरे प्रदेश में करेगा लागू दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है हिमाचल में खुलेगा वर्ल्ड का बैस्ट मॉडर्न ग्रीन टर्मिनल

जबकि पंजाब केसरी की सुर्खी है ओजस्विनी प्रदेश में अव्वल मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश को हिमाचल की अलग से संयुक्त मैरिट सूची जारी दैनिक जागरण ने प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है शिमला को प्यासा रखने वालों पर कार्रवाई करो दैनिक भास्कर की एक खबर है बाहरी राज्यों के पब्लिक ट्रांस्पोर्टर पर लगने वाला पांच गुना टैक्स एक महीने के लिए टला हिमाचल दस्तक ने खबर को प्रमुखता दी है गृह विभाग नहीं जीएडी देखेगा भाजपा के चार्जशीट के मामले सचिवालय में अचानक बीमार हुए मुख्यमंत्री डॉक्टरों ने दी एक दिन आराम करने की सलाह खबर को दिव्य हिमाचल ने प्रमुखता दी है

आपका फैसला की एक खबर है हिमाचल कांग्रेस व राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के बीच पैदा हुआ विवाद मौसम पर दैनिक जागरण की सुर्खी है दो दिन झेलें गर्मी फिर बरसेगी राहत

जबकि अजीत समाचार का शीर्षक है हिमाचल में आज से मौसम ले सकता है करवट एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है कि डेविट व क्रेडिट कार्ड सुविधा की जगह दुविधा बनते जा रहे हैं